उन्होंने आज केरल में कोच्चि से कर्नाटक में मंगल्रु तक चार सौ पचास किलोमीटर लंबी पाकृतिक गैस पाइपलाइन का उदघाटन किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में तेजी से सुधार किए हैं अक्षय ऊर्जा की पहुंच बेहतर की है और इस क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताएं तीव्रता से पूरी की है उन्होंने कहा कि सरकार की नीतिगत पहल से रसोई गैस का इस्तेमाल बढ़ने से कैरोसीन पर राज्यों की निर्भरता कम हुई है प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले दस वर्ष में पैट्रोल में बीस प्रतिशत एथलॉन सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है

राज्यपाल ने केंद्रीय खेल मंत्री और बी सी सी आई के सचिव से अरुणाचल प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाने का अन्रोध किया राज्यपाल ने अरुणाचल के य्वाओ की प्रतिभा को निखारने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताओं में मौके मुहैया कराने का सूझाव दिया राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में क्रिकेट को काफी पसंद किया जाता है और राज्य में इस खेल का काफी प्रसार हआ है

राज्य सचिवालय में आज स्थानीय विधायक ताना हाली तारा म्ख्य सचिव नरेश क्मार लोक निर्माण विभाग के आय्क्त कालिंग तायेंग योजना आय्क्त प्रशांत लोखंडे और पी डब्ल् डी के एस आई डी एण्ड पी के म्ख्य अभियंता डॉ अतोप लेगो के साथ इस पराजमार्ग को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की म्ख्यमंत्री ने कहा कि गोहप्र तिनाली सांगद्पोता राजमार्ग का निर्माण कार्य प्रा होने पर एन आई टी अरुणाचल जारबोम गामलिन लॉ कालेज फिल्म एण्ड टेलिविजन इंस्टीट्यूट आर्मी केंटोनमेंट महिला महाविद्यालय सहित राज्य के महत्वपूर्ण संस्थानो में पहचने के लिए बेहतर सड़क की जरुरत प्री होगी श्री खांडू ने इस महत्वप्र्ण राजमार्ग के लिए स्वेच्छा से भूमि दान करने के लिए स्थानीय लोगो के प्रति आभार व्यक्त किया

हालाकि इस घटना में कोई हताहत नही हआ है पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर तैनात भारतीय वाय्सेना के कर्मियों ने त्रंत मौके पर पहंचकर आग पर काब् पा लिया भारतीय वायुसेना के स्काड्रन लीडर सी एस लखावत ने बताया कि ए एल जी से पासीघाट मार्केट क्षेत्र में आग की लपटें दिखाई दी जिसे त्रंत संज्ञान में लेते हुए राहत और बचाव कार्य श्रु कर दिया गया

राज्य के कृषि विभाग ने प्रदर्शन कर रहे कर्मियों को उनकी मांगो पर विचार करने और लंबित मानदेय जारी करने का आश्वासन दिया कर्मचारियों का कहना है कि करूब एक साल से मानदेय नही मिलने के कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है

श्री रीजीज् ने नॉर्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्र में बनाए गए सिंथेटिक फ्टबॉल ग्राउंड का भी उद्घाटन किया खेलों को विकसित करने के राष्ट्रीय खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत असम राइफल्स पब्लिक स्क़लों को आवासीय खेल विदयालय में परिवर्तित किया गया है इन स्कूलों में अब एथलेटिक्स तीरंदाजी और तलवारबाज़ी जैसे तीन विषयों में प्रशिक्षण की स्विधा होगी इसके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण साई और एआरपीएस के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन भी सौंपा गया

राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर निन्यनवे दशमलव एक चार प्रतिशत हो गई है